राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने ईटानगर में दोरजी खांडू स्टेट कंवेंशन हॉल में पेमा खांडू और उनके मंत्रिमंडल के ग्यारह अन्य मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिलाई चाउना मैन को उप मुख्यमंत्री के रुप में शपथ दिलाई गई जबकि दस अन्य मंत्रियों में होन्चून डादम वांकी लोवांग आलो लिबांग कामलूंग मोसांग बामंग फेलिक्स तुमके बागरा मामा नातुंग नाकप नालों तागे ताकी और ताबा तेदिर शामिल है तागे ताकी और ताबा तेदिर ने हिन्दी में जबकि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित अन्य सदस्यों ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की भव्य शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधम असम के मंत्री और नेडा के कन्वेनर हेमंत बिस्व सरमा प्रदेश के दो नए सांसद किरेन रिजिजू और तापिर गाओ और असम मेघालय नागालैंड मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियां शामिल थे पेमा खांडू के नेतृत्व में भाजपा ने राज्य के साठ सदस्यीय विधानसभा में इक्तालीस सीटों पर जीत हासिल किया है अरुणाचल में भाजपा की यह पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार है शपथ ग्रहण समारोह के त्ररंत बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कहा कि उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी राज्य में कानून एवं न्याय की स्थिति में सुधार उसके बाद स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र उन्होंने बेरोजगार की समस्या को कम करने के लिए संभावित क्षेत्रों में राज्य के बाहर से निवेश लाने का भी वादा किया उन्होंने राज्य के लोगों से आने वाले दिनों में साफ पारदर्शी और न्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का भी आश्वासन दिया इससे पहले प्रदेश में पूर्ण भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के रुप में शपथ लेने के बाद श्री खांडू इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से राज्यवासियों का आभार व्यक्त किया हालही में आयोजित राज्य विधानसभा चुनाव में पांच सीटे जीतने वाली नेशनल पीपल्स पार्टी एन पी पी ने राज्य में पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही रोईंग विधायक एवं एन पी पी के पार्टी विधायक नेता मुतचु मिथी ने कहा कि पार्टी ने पहले ही मुख्य मंत्री से मिलकर अपना पूरा समर्थन दिया है भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन नेडा के घटक में से एक एन पी पी ने श्री खांडू और उनकी पार्टी को हाल में संपन्न चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतने के लिए बधाई दी इस बीच एन पी पी ने गत इक्कीस मई को तिरप जिले में नागा उग्रवादियों द्वारा घाट लगाकार पार्टी विधायक तिरोंग आबोह और दस अन्य लोगों के हत्या के मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की है दी अरुणाचल सिविल सोसायटी सहित कई अन्य संगठनों ने स्वर्गीय विधायक तिरोंग अबोह और दस अन्य लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए कल ईटानगर में एक विरोध रैली निकाली ये रैली आकाशदीप गंगा से शुरु होकर आईजी पार्क के टेनिस कोर्ट में जाकर संपन्न हुई देओमाली के नागरिकों ने भी कल मेन मार्केट तिनाली में इकट़ठा होकर हमले में मारे गए लोगों की याद में केंडल जलाई घटना की निंदा करते हुए देओमाली वासियों ने राज्य सरकार से हमले में संलिप्त आपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लोगों के हित के लिए उग्रवाद की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की अपील की साहित्य सूर्य लूम्मर दाइ के उन्यासीवीं जयंती के अवसर पर पूर्वोत्तर के प्रख्यात साहित्यकार एवं अहोम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष रोंगबोंग तेरांग को प्रतिष्ठित लुम्मर दाइ साहित्य पुरस्कार दो हजार उन्नीस से नवाजा जाएगा आगामी एक जून को असम के तेजपुर में लुम्मर दाइ भवन में होने वाले पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार अहोम साहित्य सभा द्वारा दिया जाएगा इस वर्ष समारोह का आयोजन साहित्य सभा के तेजपुर शाखा के सहयोग से सोनितपुर जिला साहित्य सभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसी दिन स्वर्गीय दाइ के जन्मस्थल ईस्ट सियांग जिले के सिलुक गांव में सिलुकियन कल्याण केबांग भी साहित्यिक आइकन के उन्यासीवीं जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित करेगा ऑल पाके केसांग पिजेरियांग दिसिंग पासो सेजोसा छात्र संघ ने कल वन विभाग के संबंधित प्राधिकारियों से हालही में जंगली हाथियों के झुंड द्वारा सेजोसा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रावास को हुए नुकसान का तत्काल मरम्मत करने का आग्रह किया गया छात्र संघ ने क्षतिग्रस्त छात्रावास के पुनर्रुत्थान के प्रति वन विभाग के रवैये पर द्रख व्यक्त किया है आगामी जून जूलाई से नए शैक्षणिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस के शुरु होने की और ध्यान केंद्रीत करते हुए छात्र संघ ने पाके केसांग जिला के पाखुइ वन्यजीव अभ्यारण के जिला वन अधिकारी को एक प्रतिवेदन सौंपकर पंद्रह दिन के भीतर छात्रावास का पुनुरुदद्वार करने पर जोर दिया